भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में किया अपना नामांकन आज कन्नौज हरदोई और सीतापुर में करेंगे चुनावी सभाओं को सम्बोधित उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक के रिलीज पर निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से किया इंकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम करेगा घोषित लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं चौथे चरण में नौ राज्यों में इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में सीधी और जबलपुर में रैतियां कीं उन्होंने कहा कि जनजातीय किसानों बागवानी सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए वैकल्पिक योजनाएं लाई जाएंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन के कार्य में लगे लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि गरीबों की वित्तीय स्थिति में ठहराव होना चाहिए इसलिए उन्होंने समी डाक घरों को बैंकों में बदल दिया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के जालौर में जनसभा की उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के सम्मान की सुरक्षा के लिए हो रहा है पार्टी के संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और छोटे कारोबारियों को पेंशन दी जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के समस्तीपुर में जनसभा में कहा कि यह चुनाव देश और संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कल जालौन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के हित में जो योजनाए श्रू की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें बंद कर दिया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा ये जो प्यार ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिये हैं मैं हृदय पूर्वक उनका आभार व्यक्ता करता हूँ और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहाँ जहाँ चुनाव बाकी हैं सभी चरण में बहुत ही शातिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर श्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव च्नाव मैदान में हैं और व्यौरा हमारे संवाददाता से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले शहर कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का आशीर्वाद लिया और फिर वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया मोदी के नामांकन के प्रस्तावको में डोम राजा परिवार के जगदीश राजा और वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता भी शामिल थे जिसके घटक दलों के तमाम वरिष्ठ नेता अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल शिवसेना के उद्दव ठाकरे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार एथाईएजीएमके पार्टी की ओर से पन्नीर सेल्वम लोक जनशाक्ति पार्टी के रामविलास पासवान और अपना दल की नेता अनप्रिया पटेल भी शामिल थी कई केन्द्रीय मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कन्नौज हरदोई और सीताप्र में विजय संकल्प रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर बहराइच और बाराबंकी में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगे कॉग्रेस महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उन्नाव बाराबंकी में रोड शो करेंगी और फतेहपुर और बाराबंकी जनसभा को सम्बोधित करेंगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव आज कन्नौज में एक रोड शो करेंगे कुशीनगर संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरपीएन सिंह और भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने कल नामांकन दाखिल किया मऊ की घोसी लोकसभा सीट के लिये निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण राजभर सहित पांच लोगों ने नामांकन पर्चे भरे मिर्जापूर सीट से कल सात उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चे भरे जिसमें भाजपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी एवं केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी शामिल हैं

चन्दौली सीट के लिये छह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये जिसमें सपा बसपा गठबंधन के संजय चौहान और कांग्रेस समर्थित जनाधिकार पार्टी की शिवकन्या कुशवाहा भी शामिल है लोकसभा चुनाव के शेष बचे चरणों के चुनाव के लिये प्रदेश में प्रचार चरम पर पहुंच गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में जनसभा में कांग्रेस और गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि केन्द्र में इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और विरोधियों का सफाया हो जायेगा उन्होंने लखीमपुर खीरी से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और निघासन विधानसभा उप चुनाव के पार्टी प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया और कृशीनगर में चुनावी जनसभा में कहा कि देश में लम्बे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण ही किसानों की हालत खराब हो गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में किसानों के लिये जो नीतियां बनाई गई हैं उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हो गये हैं श्री योगी ने कांग्रेस सपा और बसपा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा कि श्री मोदी की सरकार में आतंकवादियों का सफाया हुआ है प्रदेश के कैंबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता मोदी सरकार से पिछले पांच सालों में किये गये कामों का हिसाब मांग रहे हैं श्री पचौरी ने कल कानपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने हमीरपुर में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और बेरोजगारों की अनदेखी की है सरकार ने उनसे किये गये वादे पूरे नहीं किये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस की योजना आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बजाय दो हजार बाईस में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कल शाहजहांप्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि गरीबों दलितों और बेरोजगारों को उनका हक दिलाने के लिये उनकी पार्टी काम करेगी उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक के रिलीज पर निर्वाचन आयोग द्वारा उन्नीस मई तक लगाई गई रोक के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया जायेगा परिणाम यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जायेगा परिणाम दोपहर साढ़े बारह बजे घोषित होगा परिणाम को यूपी बोर्ड की वेब साइट एच टी टी पी एस यूपी एम एस पी डॉट ई डी यू डॉट इन पर देखा जा सकता है